केन्द्र सरकार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण के लिए दो सौ अंकों वाली रोस्टर प्रणाली को लागू करने के लिये अध्यादेश लायेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी यह अध्यादेश तेरह अंकों वाली रोस्टर प्रणाली की जगह लेगा केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि इस कदम से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पड़े पांच हजार से अधिक पदों पर सीधी भर्ती हो सकेगी श्री प्रसाद ने कहा कि अध्यादेश के माध्यम से विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को उनका वाजिब हक मिल सकेगा वहीं मंत्रिमंडल ने देश भर में पचास केन्द्रीय विद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी केन्द्र सरकार ने बिहार के बक्सर जिले के चौसा में तेरह सौ बीस मेगावाट के पावर प्लांट के निर्माण को मंजूरी दे दी है केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने बताया कि इस परियोजना पर दस हजार चार सौ उनतालीस करोड़ रूपये की लागत आयेगी उन्होंने बताया कि परियोजना को दो हजार चौबीस तक प्रा करने का लक्ष्य रखा गया है इस ताप विद्युत संयंत्र में छह सौ साठ छह सौ साठ मेगावाट के दो यूनिट होंगे इसमें केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी होगी इधर बक्सर के सांसद और केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों की एक पुरानी मांग पुरी हुई है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी मिलों के लिए दो हजार सात सौ नब्बे करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दे दी है इससे किसानों को गन्ने की कीमतें समय पर तय करने में मदद मिलेगी और चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा जन औषधि दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये देश भर के पांच हजार से अधिक लाभार्थियों और उद्यमियों से संवाद किया श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत आठ सौ से अधिक दवाओं और ऑपरेशन में काम आने वाले एक सौ चौवन उपकरणों के दाम नियंत्रित किये गये हैं जिससे गरीबों को बेहतर गुणवत्ता की दवाएं और उपकरण कम कीमत पर मिल रहे हैं

जन औषधि योजना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि सस्ती दवाएं मिलने से अब उन्हें पहले की अपेक्षा दवाओं पर काफी कम खर्च हो रहा है और उनका समुचित इलाज सुनिश्चित हुआ है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में स्वीकृत पंद्रह एम्स में से कुछ का निर्माण हो चुका है और कुछ निर्माणाधीन हैं

स्वस्थ भारत समर्थ भारत के विजन के लिए हमें अभी और वहत कछ करना है सीतामढ़ी में प्रलिस हाजत में दो आरोपियों की कथित प्रलिस पिटाई से हुई मौत के मामले में निलंबित आठों पुलिस कर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है पुलिस मुख्यालय में अपर महानिदेशक कृंदन कृष्णन ने ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर पर नई दिल्ली के साकेत स्थित विशेष पोक्सो अदालत में आरोप तय कर दिये गये हैं उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट और दुष्कर्म के अलावा कई अन्य कानूनी धाराओ के तहत आरोप तय किये गये हैं इससे पूर्व छह अन्य आरोपियों के खिलाफ भी इस मामले में आरोप तय किये जा चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद जवान रतन कुमार ठाकुर के भागलपुर के कहलगांव स्थित घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिजनों को सांत्वना दी बाद में श्री कुमार ने बेगूसराय जिले के बखरी प्रखंड के ध्यानचक्की गांव जाकर सीआरपीएफ के शहीद अधिकारी पिंटू कुमार सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्कों की नई श्रृंखला जारी की है इनसे विशेष रूप से दृष्टि बाधित लोगों को आसानी होगी एक दो पांच दस और बीस रूपये के ये सिक्के नई दिल्ली में आज एक समारोह में जारी किये गये जहां द्रष्टिबाधित बच्चे विशेष रूप से आमंत्रित किये गये थे सिक्के जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के संकल्प के साथ काम कर रही है साउंड बाईट दिव्यांगजनों के जीवन को समझना उनकी दिक्कतों को समझना उनके कोन्फीडेंस लेवल को बढ़ाना ऐसे अनेक निर्णय करते करते हम काम कर रहे हैं अभी भारत सरकार की जो वेबसाइट करीब सौ वेबसाइट ऐसी है कि जो हमारे दिव्यांगजन विशेष करके हमारे प्रज्ञाचक्षु आराम से उस वेबसाइट को देख सकते है समझ सकते है प्रधानमंत्री ने कहा कि नई श्रृंखला के इन सिक्कों में कुछ विशेषताएं हैं जिनसे द्रष्टिबाधित लोगों को रोजमर्रा के लेनदेन में काफी सहूलियत होगी केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह और राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज प्रदेश के चार कृषि विज्ञान केन्द्रों का पटना से शिलान्यास किया ये केन्द्र पश्चिम चंपारण मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और मधुबनी जिले में बनाये जायेंगे सहरसा से गढ़बरूआरी के बीच बड़ी लाईन पर आज से यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है सहरसा से यात्री ट्रेन को कला और संस्कृति मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि और मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया वहीं बरौनी से नई दिल्ली जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस का परिचालन आज से सहरसा से कर दिया गया है साथ ही सहरसा से बड़हरा कोठी के लिये नई सवारी गाड़ी का भी परिचालन शुरू किया गया है दानापुर आनंद विहार टर्मिनल जन साधारण एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन पंद्रह मार्च से शुरू हो जायेगा कोहरे को देखते हुए इस ट्रेन का परिचालन पिछले कुछ दिनों से बंद था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर प्रस्तिकाओं की जांच में अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने का आदेश दिया है शेखपुरा में चौंसठ कटिहार में उनचास सारण में तीन सौ नौ और नालंदा में एक सौ सैंतालीस शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी जा चुकी है बेगूसराय जिले के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के माणिकपुर गांव स्थित एक खेत से पुलिस ने चालीस कार्टन विदेशी शराब जब्त की है वहीं वैशाली जिले के सहदेई बुज़ुर्ग पुलिस चौकी क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर बारह कार्टन शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है इधर रोहतास जिले के दावथ थाना क्षेत्र अंतर्गत परमेश्वरपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर बारह कार्टन शराब बरामद की है कटिहार जिले की विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ द्रष्कर्म के दोषी गोपाल राय को आजीवन कारावास और पचास हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र के रिउला गांव में अपहरण के मामले में छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया जिसमें पांच पुलिसकर्मी घायल हो गये पूर्णिया जिले के डगरुआ थाना क्षेत्र में बांधपुल चौक के पास एक स्कूली वैन और ट्रक के बीच हुयी टक्कर में एक छात्र समेत दो लोगों की मौत हो गयी जबकि आठ अन्य घायल हो गये वहीं वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र के गारा गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गयी